प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले गुजरात में तीन बड़ी योजनाओं का ऑनलाइन उदघाटन किया इनमें किसान सर्वोदय योजना जुनागढ़ जिले में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता हृदय रोग संस्थान और शोध केंद्र के साथ पीडियाट्रिक हॉर्ट हॉस्पिटल और टेली कार्डियोलॉजी के लिए मोबाइल अप्लीकेशन शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सर्वोदय योजना से किसानों को सुबह पांच से रात नौ बजे तक बिजली मिलेगी यह योजना किसानों के लिए नया सबेरा लेकर आएगा इस योजना का मकसद अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व के पांच देशों में शामिल है गिरनार रोपवे से एडवेंचर को बढ़ावा मिलेगा इस रोपवे में पच्चीस से तीस केबिन होंगे और हर केबिन में आठ लोगों के बैठने की क्षमता होगी श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनने समेत सभी दिशा निर्देशों का लोग पालन करें उन्होंने देशवासियों को नवरात्र की श्भकामनाएं दी राज्य सरकार ने इस साल के अंत तक चार करोड़ मानव दिवस सुजित करने का लक्ष्य रखा है इस सिलसिले में रोजगार अभियान को इक्तीस दिसंबर तक बढ़ा दिया है ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि रोजगार अभियान को मिशन मोड के रुप में चलाया जा रहा है मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि पहले चरण में अठारह सितंबर से बाइस अक्टूबर तक चले रोजगार अभियान के तहत करीब डेढ़ करोड़ मानव दिवस सुजित किए गए इस दौरान गिरिडीह गढ़वा दुमका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का बेहतर प्रदर्शन रहा जबकि सिमडेगा लातेहार सरायकेला खरसांवा और जामताड़ा जिले में भी लक्ष्य के अनुरुप मजूदरों को रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली इसे देखते हुए ही रोजगार अभियान को एक सौ पांच दिन और बढ़ाने का विभाग ने निर्णय लिया है

पूरे राज्य में अबतक तीस लाख अंठावन हजार नौ सौ चौवन सैंपलों की जांच हो चुकी है इसमें उनतीस लाख उनसठ हजार नौ सौ नौ की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि निन्यान्बे हजार पैंतालीस कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं इनमें बियान्बे हजार एक सौ अठाइस लोग स्वस्थ हो चुके हैं और छह हजार पचपन संक्रमितों का इलाज चल रहा है वहीं आठ सौ बासठ की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है इधर पिछले चौबीस घंटे में चार सौ निन्यान्बे लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं चार सौ पैंतीस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा तीन संक्रमितों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ उनसठ संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जबकि रांची से ही सबसे ज्यादा एक सौ तीन नए कोरोना संक्रमित भी मिले हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से दो और गोड्डा में एक संक्रमित की मौत हो गई

इसके जरिए जवानों की बीमारियों का ब्यौरा होगा पुलिसकर्मियों का मेडिकल बुक वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय और पुलिस लाइन में रखा जाएगा इसके बाद बड़ी बीमारी से ग्रसित जवानों की कड़ी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी मेडिकल बुक को हर छह माह पर अपडेट भी किया जाएगा इस सिलसिले में पुलिस लाइन में मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया जहां करीब दो सौ पचास जवानों ने अपनी जांच कराई

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्ति मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एमके सेन इस चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री ने रांची के नगड़ी इलाके में चार सौ किसानों द्वारा आपसी सहयोग से सात एकड़ जमीन टमाटर शहजम और मूंगा की खेती का जिक्र किया है यह किसानों के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे कदम का परिचायक है प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है

इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी वैसे लोग जो संपन्न होने पर भी राशन कार्ड के जरिए अनाज का उठाव कर रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है इसके अलावा राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले एक सौ बयालीस राशन डीलरों की जांच की जाएगी राशन डीलरों से पिछले छह में अनाज के उठाव और वितरण का ब्यौरा मांगा गया है इसके बाद संबंधित इलाकों के राशन कार्डधारियों से भी अनाज मिलने को लेकर जानकारी ली जाएगी इसके लिए बनाई गई जांच टीम राशन डीलरों के यहां औचक छापेमारी करने के साथ नमूने भी लेगी जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी

इसके लिए राजधानी रांची के नामक्म स्थित स्टेट फूड लेबोरेट्री में तीन मशीनें लगाई जा रही है लेबोरेट्री के खाद्य विश्लेषक ने बताया कि अबतक खाद्य पदार्थो की रासायनिक जांच होती थी लेकिन इन मशीनों के इंस्टॉल होने के बाद मिलावट की गहन जांच संभव हो जाएगी इसके अलावा खाद्य पदार्थों में विटामीन की उपलब्धता की भी जांच इन मशीनों से की जा सकेगी देशभर के मेडिकल कॉलेजों की पंद्रह प्रतिशत सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग सताईस अक्टूबर से शुरू होगी मेडिकल काउंसिल कमिटी द्वारा दो चरणों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी जी जाएगी इसके तहत पहले चरण की काउंसलिंग के लिए सताईस अक्टूबर से दो नवंबर तक अभ्यर्थी निबंधन करा सकेंगे सीटों का आवंटन तीन और चार नवंबर को होगा जबकि रिजल्ट का प्रकाशन पांच नवंबर को होगा इसके आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की प्रक्रिया छह से बारह नवंबर के बीच पूरी होगी दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अठारह से बाइस नवंबर के बीच चलेगी और उन्नीस से बाइस नवंबर तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आवंटन और तेईस चौबीस नवंबर को सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा अभ्यर्थी छब्बीस नवंबर से तीन दिसंबर तक नामांकन ले सकेंगे सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में अनुतीर्ण विद्यार्थियों के अंकपत्र में अब फेल शब्द की बजाय एसेंशियल रिपीट का इस्तेमाल होगा विद्यालयों र्क प्राचार्यों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के सुझाव के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है अंक पत्र में फेल की बजाय एसेंशियल शब्द के इस्तेमाल के पीछे मकसद विद्यार्थियों में नकारात्मक भाव को रोकना है

मंदिरों और पूजा पंडालों में मां की आराधना के लिए सामजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्वाल पहंच रहे हैं इससे पूर्व आज ही महाअष्टमी के तहत मांग दूर्गा के आठवें स्वरुप महागौरी की पूजा अर्चना की गई उधर कल सप्तमी को राज्यभर के पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार सादगी के साथ सभी पंडालों में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है

इससे पहले कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस से हारकर चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है

क्वार्टर फाइनल में पुरुष टीम ने मंगोलिया को संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित किया तो महिला टीम ने किर्गिस्तान पर आसान जीत दर्ज की आज खेले जानेवाले सेमीफाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला ईरान और महिला टीम का मंगोलिया से होगा

इसके लिए अधिवक्ताओं से विकल्प मांगा गया है किसी मामले में दोनों पक्ष फिजिकल सुनवाई चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए विकल्प देना होगा

निदेशकस्वास्थ्य प्रमुख ने इस बाबत सभी जिलों के सिविल सर्जन से मल्टी परपर वर्करों का पूरा ब्यौरा मांगा है

इस बाब राज्यपाल की स्वीकृति से राज्य सरकार ने कलपति नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विद्यार्थी रिजल्ट देख सकते हैं परीक्षा सिंतबर महीने में ली गई थी

इस बाबत पुलिस पांच युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है